आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन सभी श्रेणियों के लिए जिलों में अलग अलग टीकाकरण केन्द्र बनाए जाएंगे अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को अपने लिए निर्धारित केन्द्र में टीकाकरण के लिए निर्धारित आईडी के साथ ही राशन कार्ड भी दिखाना होगा जबकि एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को अपने लिए निर्धारित केन्द्र में आधार कार्ड पैन कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज ही दिखाना होगा इन्हें राशन कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी इससे पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचंद्र मेनन और पीपी साह की युगल पीठ ने आज हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि प्रदेश में किसी भी सुरत में टीकाकरण नहीं रोका जाना चाहिए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि टीकाकरण वक्त की आवश्यकता है और न्यायालय के किसी भी आदेश का यह मंतव्य नहीं है कि टीकाकरण रोका जाए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा स्थगित किए गए टीकाकरण को आज से ही शुरू करने के निर्देश दिए न्यायालय ने कहा कि टीकाकरण में एक तिहाई अंत्योदय एक तिहाई बीपीएल और एक तिहाई एपीएल कार्डधारकों को शामिल किया जाए साथ ही हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर केन्द्र सरकार से भी जवाब मांगा है कोरोना टीकाकरण इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया है कि प्रदेश में अट्ठारह से चवालीस आयु वर्ग के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए संबंधित कंपनियों को पचहत्तर लाख वैक्सीन डोज का आर्डर दिया गया है इसके लिए दोनों कंपनियों को राशि का भुगतान भी किया जा चुका है लेकिन अभी तक प्रदेश को केवल डेढ़ लाख वैक्सीन डोज ही मिले हैं वहीं केन्द्र सरकार से कोविड टीके उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आज एनएसयूआई ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के घरों के सामने प्रदर्शन किया दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टीकाकरण में राज्य सरकार की कथित विफलता को लेकर आज काला दिवस मनाया भाजयूमो कार्यकर्ता कल आठ मई से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टीकाकरण के संबंध में सरकार से उचित निर्णय लेने की मांग करेंगे पीआईबी वैक्सीन पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने लोगों से कोविड वैक्सीन के लिए कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण कराने का आग्रह किया है सोशल मीडिया पर टीकाकरण के बारे में फर्जी मोबाइल ऐप्प को देखते हए पीआईबी ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है

पांच सौ बिस्तरों वाला यह कोविड अस्पताल कृषि उपज मंडी के गोदाम को परिवर्तित कर बनाया गया है इसमें एक सौ बीस ऑक्सीजन युक्त बिस्तर भी हैं इस अस्पताल को मात्र बीस दिनों में तैयार कर लिया गया है जिले के कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी धान मंडी को अस्पताल में बदला गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल तैयार हो जाने से बलौदाबाजार जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों को अब जल्द इलाज मिल सकेगा इस बीच मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अब विभिन्न जिलों में मितानिनों को सैनिटाईजर और फेस मास्क का वितरण शुरू हो गया है बेमेतरा जिले के खंडसरा सामुदायिक केन्द्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में कार्यरत् मितानिनों को कलेक्टर शिव अनंत तायल ने सैनिटाईजर और फेस मास्क के साथ ही हैंड ग्लब्स और गम बुट भी प्रदान किए राज्य में कोविड मरीजों के लिए चलाई जा रही एक सौ चार आरोग्य सेवा हेल्पलाइन सेवा भी काफी मददगार साबित हो रहा है इस हेल्पलाइन के जरिए कोविड मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने से अस्पतालों में खाली बिस्तर और होम आइसोलेशन जैसी जानकारियां प्रदान की जाती हैं इस बीच राज्य को आठ जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बारह सौ रेमडेसिविर इंजेक्शन का पुर्नवितरण किया गया है

इस कारण जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ सेवाओं में आंशिक छूट दी गई है कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन द्वारा दी गई इस छूट का नागरिक अनावश्यक फायदा न उठाएं और जब तक बहुत जरूरी काम न हों तब तक घर से बाहर न निकलें राज्य में कोविड संकट से निपटने के लिए विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सामाजिक संगठनों द्वारा भी शासन और प्रशासन की मदद की जा रही है धरसीवां में संचालित संवेदना कोविड केन्द्र को सारडा एनर्जी ग्रुप द्वारा दस ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर और अन्य सामग्री प्रदान की गई है वहीं राजनांदगांव जिले मे साहू समाज की ओर से ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है समाज के युवा प्रकोष्ठ द्वारा राजनांदगांव नगर में जरूरतमंद कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस बीच राज्य सासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सेवाभावी संस्थाओं की बैठक ली इस मौके पर बताया गया कि कोविड संकट से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ ही विभिन्न सेवाभावी संस्थाओं की मदद ली जा रही है इसके लिए राज्य स्तर के साथ ही जिला स्तर पर भी को ऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं उधर बीजापुर नगर पालिका द्वारा नगर की सड़कों और चौक चौराहों पर सैनिटाईजर का छिड़काव किया गया राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने सभी पात्र लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है

इस मौके पर उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे मरीजों की पूरी सावधानी के साथ सत्त निगरानी की जाए यदि ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य में गिरावट आती है तो उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाए श्री बघेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह समारोहों और बाहर से आने वाले लोगों के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ा है ऐसे में जरूरी है कि कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि निजी अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित दर से ज्यादा राशि की वसूली न करें इस बीच राज्य के समाज कल्याण विभाग ने साठ वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक हमेशा घर पर ही रहे और घर पर आने वाले मेहमानों से मिलने से बचें इसके साथ ही बुजुर्ग लोग विवाह आदि किसी भी समारोह में शामिल होने से भी बचें आईसीएमआर परामर्श भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटी पीसीआर जांच में एक बार पॉजिटिव घोषित हो चुके व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी देते समय दोबारा यह जांच कराने की जरुरत नहीं है कोरोना महामारी के दूसरे चरण में संक्रमण की पहचान के लिए परिषद ने कुछ नये परामर्श जारी किए हैं परिषद ने यह भी कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले स्वस्थ व्यक्ति की आरटी पीसीआर जांच को भी पूरी तरह बंद किया जाना चाहिए ताकि प्रयोगशालाओं पर दबाव कम हो सके परिषद ने कहा है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरुरी है कि कोरोना के लक्षण वाले लोग गैर जरुरी और दूसरे राज्यों की यात्रा न करें परिषद के अनुसार एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की दोबारा जांच नहीं की जानी चाहिए और उन्हें सीधे घर पर रहकर ही कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए कोरोना के लक्षण वाले ऐसे लोगों की ही आरटी पीसीआर जांच करानी चाहिए जिनकी एंटीजन जांच नेगेटिव है इस बीच नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ऑक्सीजन का प्रयोग दवा के तौर पर करना चाहिए इसके अत्यधिक प्रयोग से बुरा प्रभाव हो सकता है श्री गुलेरिया ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों की सलाह पर ही करना चाहिए इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब मरीज का ऑक्सीजन स्तर चौरानवे से नीचे चला गया हो श्री गुलेरिया ने यह भी कहा है कि कोरोना का हल्का संक्रमण होने पर पहले पांच दिन में स्टेरॉएड लेना नुकसानदेह हो सकता है स्वास्थ्य विभाग दवा निर्देश राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया है कि रेमडेसिविर टोसीलिजुमैब और प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग केवल अस्पतालों में ही किया जाना चाहिए इन दवाओं का परामर्श देने वाले डॉक्टरों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इनके संबंध में मरीज की आवश्यकता का आकलन कर लें साथ ही डॉक्टर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मरीज को किडनी रोग ह्दय रोग या कैंसर जैसी कोई अन्य बीमारी तो नहीं है च्रंकि रेमडेसिविर सहित अन्य दवाएं अभी प्रयोगात्मक स्तर पर हैं इसलिए इन दवाओं को किसी भी मरीज को देने से पहले उनके परिजनों को इसकी जानकारी देना और इसके बाद उनसे इन दवाओं के इस्तेमाल की सहमति लेना अनिवार्य होगा साथ ही राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इन दवाओं के उपयोग के संबंध में राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा दवाओं के उपयोग की जांच की जाएगी साथ ही बिना किसी कारण के ऐसी दवाओं का परामर्श देने वाले डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी फरार कैदी गिरफ्तार महासमुंद जिला जेल से दीवार फांदकर कल फरार हुए पांच कैदियों में से चार को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं एक अन्य कैदी की तलाश जारी है कैदियों के फरार होने के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में जिला जेल के मुख्य प्रहरी और तीन अन्य प्रहरियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है राज्य के गृह और जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल इस घटना के बाद जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे बिलासपुर डॉक्टर गिरफ्तार बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी क्षेत्र में कल नशीला पदार्थ पीने से नौ लोगों की मौत के बाद पुलिस ने आज क्षेत्र के एक होम्योपैथिक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर अपराध पंजीबद्ध किया है आरोप है कि मारे गए लोगों ने इस डॉक्टर द्वारा दी गई दवा को महुए की शराब में पिलाकर पीया था जिसके बाद इन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी इन सभी लोगों को बिलासपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान नौ लोगों की मौत हो गई इस घटना में प्रभावित चार अन्य लोगों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है इस बीच नेता प्रतिपक्ष और क्षेत्र के विधायक धरमलाल कौशिक ने आज कोरमी पहुंचकर मृतकों के परिजनों से भेंट की और अपनी संवेदना व्यक्त की माओवादी समाचार सुकमा जिले के भेज्जी में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इस पर दो पुलिस जवानों की हत्या में शामिल रहने का आरोप है इसी जिले में पुलिस ने एक अन्य माओवादी को गिरफ्तार किया है इस पर एर्राबोर इलाके में सात वाहनों में आग लगाने की घटना में शामिल रहने का आरोप है वहीं दंतेवाड़ा जिले के बारसुर थाना क्षेत्र के कुरसिंगबहार में स्थित एक नक्सली स्मारक को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है मौसम मौसम विभाग के अनुसार इस समय कर्नाटक के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है वहीं मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच एक द्रोणिका भी स्थित है इसके चलते कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छीटें पड़ने की संभावना है मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने तथा अंधड़ चलने की भी चेतावनी दी है बीते चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित राजनांदगांव रायगढ़ दुर्ग जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले में बारिश होने के समाचार मिले हैं

ये परीक्षाएं चौबीस से अट्ठाईस मई तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी

कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका इलाज चल रहा था